मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विकास योजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास श्रीनगर के लावेपोरा में हुए आतंकी हमले में कांगड़ा जिला के जवान अशोक कुमार शहीद

कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की अध्यक्षता में आज शिमला में हई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया केवल वही संस्थान खुले रहेंगे जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं और अध्यापकों सहित महाविद्यालय व स्कूलों का अन्य स्टाफ नियमित तौर पर शिक्षण संस्थानों में उपस्थित रहेगा

उन्होंने कहा कि नर्सिंग और चिकित्सा संस्थान नियमित रूप से कार्य करते रहेंगे

मन्दिरों के अन्दर लंगर और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबन्ध रहेगा और श्रद्वालुओं को केवल दर्शन की ही अनुमति होगी

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोविड के पॉजिटिव मामलों और मृत्यु दर को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त संबंधित जिलों में अधिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए उचित कदम उठाएंगे जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज शिमला से सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्चअल माध्यम से करोड़ों रूपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने के साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास किया है

इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने नई दिल्ली से इस कार्यक्रम में वर्चअल माध्यम से भाग लिया उन्होंने कहा कि जिन विकास परियोजनाओं के आज उदघाटन व शिलान्यास किए गए उनसे क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने में सहायता मिलेगी अनुराग ठाक्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाए शुरू की हैं और हिमाचल को कई बड़े चिकित्सा संस्थान दिए हैं कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार ध्रमल ने टौणी देवी में तहसील कार्यालय भवन के लिए आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश कोरोना पर विजय हासिल करेगा रितेश गोविंद ठाक्र शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने आज शिक्षा की गुणत्ता और नवाचार प्रेरित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अरविंद सोसाईटी द्वारा आयोजित राज्य शिक्षा सम्मेलन कार्यकम में विभिन्न शिक्षा अभियानों की शुरूआत की शिमला में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने नवाचारी शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि कक्षा में शिक्षा को रोचक बनाने के लिए नवाचारों को आधार बनाकर काम करना बेहद जरूरी है उन्होंने कहा कि इन अभियानों से शिक्षकों और विद्यार्थियों को सीधा लाभ होगा

विपिन परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा क्षेत्र में व्यापक व द्रगामी बदलाव आएंगे उन्होंने अध्यापकों से बच्चों को नैतिक मुल्यों पर आधारित शिक्षा देने का आहवान किया इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए अध्यापकों को सम्मानित भी किया शहीद श्रीनगर के लावेपुरा में कल शाम आतंकी हमले में कांगड़ा जिले के धीरा उपमंडल के काहनफट्ट का जवान अशोक कुमार शहीद हो गए शहीद अशोक कुमार सीआरपीएफ में कार्यरत थे उनकी शहादत की खबर सुनकर इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अशोक कुमार की शहादत पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के साथ गहरी संवेदनाएं जताई है उन्होंने कहा कि देश के लिए अशोक कुमार के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने अशोक कुमार की शहादत पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले में चल रहे स्नो फैस्टीवल के तहत आज केलंग में राज्यस्तरीय पारंम्परिक तीरअंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया

मारकंडा ने कहा कि इस उत्सव का मुख्य उदेदश्य लाहौल घाटी की लुप्त हो रही प्राचीन खेलों को पुनर्जीवित करना है उन्होंने कहा कि जिले की साहसिक व शीतकालीन गतिविधियों को पर्यटन से जोड़ा जाएगा ताकि अटल टनल का लाभ लोगों को मिल सकें मारकंडा ने कहा कि जिले में जनजातीय उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा कोरोना प्रदेश प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

भेंट विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और नाचन विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद कुमार ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकर से दिल्ली में भेंट की इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की प्रतिनिधि मंडल हिमाचल प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन शिमला के एक प्रतिनिधिमंडल ने संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में भेंट की

जुही देवी स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि कुल्लू जिले के शांगचन गांव की जूही देवी की मृत्यु कोरोना वैक्सीन लगाने से नहीं बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी उन्होंने बताया कि विभाग की चार सदस्य टीम ने गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया जिसमें उनकी मृत्यु के कारणों का पता चला है उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनके परिजनों ने लिखित बयान दिया है प्रवक्ता ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और लागों को टीका लगाने के लिए आगे आना चाहिए तपेदिक पुरस्कार मुख्य सचिव अनिल खाची और स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने तपेदिक रोग के उन्मूलन करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए हिमाचल प्रदेश को मिले पुरस्कार प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह आज शिमला में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को भेंट किया

यह पुरस्कार हाल ही में दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदान किए थे